प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद दो बजे कोलकाता में ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार श्री मोदी की इस रैली के साथ ही परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा जिसकी शुरुआत भाजपा ने फरवरी में की थी पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की यह पहली जनसभा है और इससे प्रचार अभियान में तेजी आएगी इस रैली में राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीस से अधिक सभाओं को संबोधित करेंगे राज्य में विधानसभा चुनाव आठ चरणों में होंगे

पश्चिम बंगाल के साथ असम तमिलनाडु केरल और पुद्दचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह दस बजे जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे वे शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में साढ़े सात हजारवें जन औषधि केन्द्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के लाथार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर स्तरीय दवाएं उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखण्ड में वो सभी आवश्यक एवं मूलभूत सुविधायें मौजूद हैं जो एक उद्योग की स्थापना के लिये जरुरी होती हैं

कमी है तो बस उन्हें तराशने की उनका वैल्यू एडीशन करने की अगर हम राज्य में मौजूद संसाधनों का वैल्यू एडीशन कर पायें तो झारखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर पायेंगें और इसमें उद्योग जगत के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी मुख्यमंत्री कल उद्योग विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा ताज पैलेस नई दिल्ली में आयोजित स्टेकहोल्डर कॉन्फ्रेंस में उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौजूद खनिज संपदा से झारखण्ड की अलग पहचान तो है ही साथ ही यहां स्थापित उद्योगों ने भी झारखण्ड को देश सहित विश्व में एक अलग पहचान दिलायी है

उद्मियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपको आश्वस्त करती है कि आप झारखण्ड में आयें और उद्योगों की स्थापना करें इधर नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया फ्लिपकार्ट राज्य में फैसिलिटी हब का संचालन करेगा जिससे तीन हजार रोजगार का सुजन हो सकेगा साथ फिक्की निवेश की संभावनाओं को भी तलाशेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योग सचिव श्रीमती पूजा सिंघल मुख्य कारपोरेट मामलों के अधिकारी फ्लिपकार्ट के श्री अरुण चावला और फिक्की के उप महासचिव ने नई दिल्ली में स्टेकेहोल्डर की बैठक में हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस महीने वर्चअली आयोजित किया जाएगा

कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा

पूरे देश से चुने गए प्रतिभागी अपने राज्य से और केंद्रशासित प्रदेश मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें परीक्षा पे चर्चा विशेष किट दी जाएगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था का उददेश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं है बल्कि न्याय को अक्षुण्ण बनाये रखना भी है इससे न्याय प्रक्रिया को धीमा करने वाले व्यवधानों को खत्म करने में मदद मिलेगी अदालती कार्यवाही और प्रक्रियाओं में मौजूद लूप होल्स का निराकरण करने में न्यायपालिका को सजग रहते हुए प्रोएक्टिव भूमिका निभानी आवश्यक हो जाती है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इनोवेशंस को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है न्यायिक प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा और कार्यवाही के बिंदु तय किए जाएंगे राष्ट्रपति ने कहा कि अदालतों में बडी संख्या में मामले आने लगे हैं और ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तथा कम समय में निपटाया जाए राज्य में कोरोना के चौवालीस नए संक्रमितों की पहचान की गई है अब तक राज्य में एक लाख बीस हजार दो सौ सत्रह संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें से एक लाख अठारह हजार छह सौ पैंसठ की रिपोर्ट नेगेटिव आयी है इस समय राज्य में कुल चार सौ इकसठ सकिय मामले हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसुचना जारी की है अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी

कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

यह दिवस महिलाओं की सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ ही आम महिलाओं के साहस और संकल्प को भी उजागर करता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्वः कोरोनाकाल में समानता की ओर पिछले वर्ष नारीशक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन महिलाओं ने समाज निर्माण और पूरे राष्ट्र को प्रेरित करने में महान योगदान किया है श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बिना देश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता था

चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरि थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना गांव के समीप एनएच निन्यानवें पर कल रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई मृतक व्यक्ति चतरा सदर प्रखंड के संघरी पंचायत के गोरेगड़ा गांव निवासी था मृतक जोरी सप्ताहिक बाजार से अपने घर को लौट रहा था इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे अपने चपेट में ले लिया घटना की मुख्य वजह सड़क की जर्जर स्थिति बतायी जा रही है अहमदाबाद में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैपियनशिप के अंतिम टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पच्चीस रनों से हरा दिया है इस जीत से भारत ने टेस्ट चैपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है

इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंग्लैंड के साथ क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला जीतने और टेस्ट टीम रैंकिंक में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की बधाई दी साथ ही राष्ट्रपति ने टीम के सभी खिलाडियों को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं दीं स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंध् ने डेनमार्क की मिया ब्लिच फेल्ड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए हैं पुरूष डबल्स सेमिफाइनल्स में सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स रेम्युसन से होगा

राज्य के लगभग सभी अखबारों ने नई दिल्ली में स्टेकहोल्डर्स कांफ्रेस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा निवेशकों से राज्य में निवेश करने के आहवान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शीर्षक को प्रमुखता से छापा है वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर दिल्ली में स्टेकहोल्डर्स कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री का निवेशकों से आहवान कहा सरकार हर कदम पर आपके साथ शीर्षक को अपनी सुर्खी बनायी है दैनिक भास्कर ने लिखा है पचासवें दिन से ठीक पहले देश में वैक्सिनेशन दो करोड़ पार वहीं दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर डीजल से सीएनजी में तब्दील होंगी सिटी बसें शीर्षक खबर को प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है झारखंड के पास संसाधनों की कमी नहीं जरूरत है उन्हें तलाशने की हिन्दुस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल एसेंबली में विश्वास मत जीता शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने पर लिया है